निर्वाचन आयोग प्रेक्षक मुख्य निर्वाचन आयुक्त सुनील अरोड़ा ने कहा है कि निर्वाचन आयोग चुनाव में अवैध संसाधनों का पता लगाने के लिए संवेदनशील राज्यों में कुछ और विशेष व्यय प्रेक्षक नियुक्त करने पर विचार कर रहा है श्री अरोड़ा कल नई दिल्ली में लोकसभा और विधानसभा चुनावों के लिए सामान्य व्यय और पुलिस प्रेक्षकों के दूसरे बैच को संबोधित कर रहे थे श्री अरोड़ा ने कहा कि तमिलनाडु गुजरात महाराष्ट्र और कर्नाटक के लिए दो विशेष व्यय प्रेक्षक पहले ही नियुक्ति कर दिये गये हैं मुख्य निर्वाचन आयुक्त ने कहा कि चुनावी प्रक्रिया की निष्पक्षता को प्रभावित करने वाले धन बल की रोकथाम में व्यय प्रेक्षकों की अहम भूमिका होती है उन्होंने प्रेक्षकों से सतर्क और सभी पक्षों के प्रति निष्पक्ष रहने की अपील की ताकि चुनावी प्रक्रिया में लोगों का भरोसा और मजबूत हो आयोग ने सीमा सुरक्षा बल के पूर्व महानिदेशक के के शर्मा को पश्चिम बंगाल और झारखंड में लोक सभा चुनाव के लिए विशेष केन्द्रीय पुलिस पर्यवेक्षक नियुक्त किया है श्री शर्मा इन राज्यों में सुरक्षाबलों की तैनाती और अन्य सुरक्षा संबंधी मुद्दों की निगरानी रखेंगे

केन्द्रीय मंत्री मेनका गांधी सुल्तानपुर से जबकि वरूण गांधी पीलीभीत से उम्मीदवार होंगे उत्तर प्रदेश सरकार में मंत्री रीता बहगुणा जोशी इलाहाबाद से चुनाव मैदान में है उत्तर प्रदेश भाजपा इकाई के अध्यक्ष महेन्द्रनाथ पांडेय मौजूदा सीट चंदौली जबकि केन्द्रीय मंत्री मनोज सिन्हा अपनी मौजूदा सीट गाजीपुर से चुनाव लड़ेंगे दो बार सांसद रहीं अभिनेत्री जयप्रदा रामपुर से चुनाव मैदान में हैं वहीं कांग्रेस ने भी गूजरात में लोकसभा चुनाव के लिए दो और उम्मीदवारों के लिए नाम घोषित किए हैं कांग्रेस योजना मुख्यमंत्री कमलनाथ ने कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी द्वारा घोषित न्यूनतम आय योजना को गरीबों के हित में लिया गया कांतिकारी फैसला बताया है छिन्द्रवाड़ा के दौरे पर गये मुख्यमंत्री ने एक बयान में कहा है कि इससे कांग्रेस की गरीबों के प्रति सोच जाहिर होती है श्री कमलनाथ ने कहा कि कांग्रेस पार्टी का ये संकल्प देश के पांच करोड़ लोगों को गरीबी से उबारने में मील का पत्थर साबित होगा और इससे हर गरीब को आत्मनिर्भर बनाने के साथ ही राष्ट्रनिर्माण में भागीदार बनाने का मार्ग भी प्रशस्त होगा वहीं कांग्रेस की प्रवक्ता शोभा ओझा ने इस जन हितैषी योजना का भाजपा द्वारा विरोध किये जाने पर हैरानी जाहिर की है उन्होंने आरोप लगाया कि केन्द्र की भाजपा सरकार ने मनरेगा भूमि अधिग्रहण कानून जैसे कई उपायों का विरोध कर जाहिर कर दिया है वह गरीबों की विरोधी है भाजपा सभा भाजपा द्वारा प्रदेश में कई स्थानों पर विजय संकल्प सभाएं आयोजित की गई केन्द्रीय ग्रामीण विकास मंत्री नरेन्द्र सिंह तोमर ने कल मुरैना जिले के जौरा में आयोजित सभा में आरोप लगाया कि विपक्षी दलों के नेता भ्रष्ट्राचार के आरोपों में घिरे हुए हैं और उनके पास प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी को हटाने के अलावा कोई मुद्दा नहीं है श्री तोमर ने राज्य की कांग्रेस सरकार पर बिजली कर्जमाफी सहित कई मुद्दों पर जनहित के विरूद्व काम करने का आरोप लगाया है

श्री सिंह ने कहा कि देश में सकारात्मक माहौल है और एकबार फिर केन्द्र में भाजपा की सरकार बनेगी

कार्यक्रम में विभिन्न पाठ्यक्रमों के सात सौ तैतीस छात्रों को उपाधियाँ प्रदान की गई वहीं श्रेष्ठ अकादमिक प्रदर्शन करने वाले छात्रों को पदक और प्रमाण पत्र प्रदान किए गये इस मौके पर सम्बोधित करते हुए आई आईआईएम इंदौर के अध्यक्ष दीपक एम सतवलेकर ने स्नातक हो रहे छात्रों से परिणामों और पुरस्कारों के बजाय अपने लक्ष्यों को ध्यान के केन्द्रित करने के साथ कड़ी मेहन करने और सीखने के लिए लक्ष्य बनाने पर जोर दिया वहीं मुख्य अतिथि उद्यमी सजय नायर ने इस अवसर पर छात्रों को बधाई देते हुए कहा कि वे अब एक नये परिवेश में कदम रखेंगे उन्होंने जीवन में नम्रता और सेवा भावना बनाये रखने को कहा कार्यकम में संस्थान के निदेशक हिमांशु राय भी उपस्थित थे

इस बीच राज्य में चुनाव प्रशिक्षण और मतदाताओं को जागरूक करने की गतिविधियां तेजी से चल रही है खंडवा जिले के ग्रामीण अचंलों में महिला स्वास्थ्य शिविर और हॉट बाजारों में ग्रामीणों को ईवीएम और वीवीपेट मशीन के बारे में जानकारी दी गई वहीं नरसिंहपुर जिले में दिव्यांग मतदाताओं को जागरूक करने के साथ ही उनके मतदान के लिए निर्मित सुविधाओं की जानकारी दी जा रही है ग्वालियर में मतदाता जागरूकता अभियान के तहत कल मीडिया कार्यशाला आयोजित की गई वहीं आगरमालवा में युवा मतदाता जागरूकता कार्यशाला में लघु फिल्म के माध्यम से जानकारी दी गई रीवा में भी मतदाताओं को जागरूक करने के लिए विशेष कदम उठाये गये हैं उमरिया में मतदान दलों और पीठासीन अधिकारियों के लिए तीन दिवसीय प्रशिक्षण कार्यक्रम कल से शुरू हो गया इसके अलावा मानपुर में मशाल जुलूस निकालकर मतदान के संदेश दिये गये गुना में भी मतदाताओं को जागरूक करने के साथ ही डुप्लीकेट फोटोयुक्त मतदाता परिचय पत्र उपलब्ध कराने का अभियान चलाया जा रहा है

ग्रामीण मनरेगा ग्रामीण विकास मंत्रालय ने निर्वाचन आयोग से अगले महीने की पहली तारीख से मनरेगा के अंतर्गत संशोधित मजदूरी के भूगतान के लिए मंजूरी मांगी है इस योजना के अंतर्गत मजदूरी क्रषि श्रमिक उपभोक्ता मूल्य सूचकांक से जुड़ी हुई है और नए वित्तीय वर्ष की पहली तारीख यानी एक अप्रैल से भुगतान के लिए इसकी अधिसूचना जारी की जाती है

चेन्नेई की ओर से डेरेन ब्रेबो ने तीन विकेट लिए टूर्नामेंट में आज रात आठ बजे कोलकाता के ईडन गार्डेन्स में कोलकाता नाइट राइडर्स का सामना किंग्स इलेवन पंजाब से होगा